उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नई उंचाइयों तक ले जाने तथा सशक्त समुद्ध और सुरक्षित भारत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एन सी सी की वार्षिक रैली को संबोधित कर रहे थे नागरिकता संशोधन अधिनियम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे अन्याय को दूर करने और पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को दिए गए भारतीय जनता पार्टी के आश्वासन को पूरा करने के लिए यह अधिनियम लागू किया है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में समस्या आजादी के बाद से ही बनी हुई थी और आंतकवाद पनप रहा था श्री मोदी ने कहा कि भारत युवा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है और उसने आंतकवाद से निपटने के लिए सर्जिकल सट्राइक जैसे मजबूत कदम उठाए हैं प्रधानमंत्री ने कहा उनकी सरकार ने दशकों से उपेक्षित रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के उपाय किए हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एन आई ए ने एन एस सी एन आई एम के चार केडरों के खिलाफ एन पी पी विद्यायक तिरोंग आबोह सहित ग्यारह लोगों को एमब्रश कर हत्या करने के आरोप में चार्ज शीट तैयार की है गौरतलब है कि पिछले साल के इक्कीस मई को विधान सभा और आम चूनाव के नतीजे निकलने से पहले खोंसा वेस्ट विद्यायक तिरोंग आबोह सहित ग्यारह लोगों को एन एस सी एन संगठन ने एमबूश कर हत्या की थी तिरोंग आबोह नेशनल पीपूल्स पार्टी से उम्मीदवार थे और उन्होंने चुनाव भी जीत ली थी यूपिया के एन आई ए स्पेशल कोर्ट में सोमवार को एन एस सी एन आई एम केडर लुकिन मेशियांगवा जय किशन शर्मा यांगते जोशहम और नापोंग जेनपी के खिलाफ चार्ज शीट दायर किया गया है एन आई ए के अनुसार तिराप जिले में एन एस सी एन आई एम के विकास विरोधी व जबरन वसूली गतिविधियों के खिलाफत करने पर संगठन ने तिरोंग आबोह की हत्या की साजिश रची एन आई ए ने कहा कि मुईवा गुट को सेल्फ़ स्टाईल मेजर जनरल एबसोलोम नेतृत्व कर रहे थे जों कि अभी फरार है राज्य विधान सभा अध्यक्ष पासांग दोरजी डी सोना ने कल विधान सभा सचिवालय में निर्माणाधिन ई विधान परियोजना का निरीक्षण किया राष्ट्रीय ई विधान अप्लीकेशन राज्य विधायिकाओं के कार्य को पेपरलेस बनाना और मिशन मोड परियोजना को डिजिटेलाईस करना है यह परियोजना अब फाईनल स्टेज पर है और आगामी बजट सत्र तक विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस हो जाने की संभावना है ई विधान परियोजना के कार्यान्वयन के बाद विधान सभा से जूड़े हर सूचना विधान सभा सदस्यों के पास उपलब्ध होगा वे अपने सत्र की कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज व प्रश्नों और व्यवसाय के सूची को अपने टेबलेट्स और लेपटोप में देख पाएंगे राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लामबा ने कल राजभवन में सिनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ बातचीत की इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रणाली के बारे में अपने विचार और अनुभव सांझा किया और न्याययिक व्यवस्था में तेजी लाने के उपाय के बारे में बताया उन्होंने अधिकारियों से न्यायिक उपचार और संकल्प के लिए न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक से पहले पूरी तरह विषय के बारे में जानने को कहा ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉ किन्नी सिंह ने जिले के रायांग गांव में मंगलवार को एक सेनीटेरी नैपकिन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया रायांग महिला स्वयं सहायता समूह लेको लाई ने इस इकाई को ग्रामीण आजिविका मिशन के तहत स्थापित किया है और इसे विद्यायक निनोंग ईरिंग अपने क्षेत्र विकास निधि से वित्त पोषित कर रहा है

उद्घाटन समारोह में विधायक निनोंग ईरिंग भी मौजूद थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोवेल कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक विशेष हैल्पलाइन सेवा शुरु की है

स्वास्थ्य संबंधी किसी जानकारी के लिए समन्वित बीमारी निगरानी कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है जो लोग इस वर्ष पहली जनवरी से अब तक चीन की यात्रा कर चुके हैं उनसे कॉल सैंटर में अपनी जानकारी दर्ज कराने की अपील की गई इन लोगों से ब्रुखार खांसी या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण महसूस होने पर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच कराने को कहा गया है